वहीं चार मरीजों की मौत भी हई

रिम्स में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा

राज्य में कोरोना से संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है कल एक ही दिन में चार सौ अठहत्तर नए पॉजिटीव मरीज मिले हैं वहीं चार मरीजों की मौत भी हई संक्रमितों की संख्या रांची और प्रर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक है राजधानी रांची में क्ल एक हजार छह सौ अरसठ संक्रमित मिल चुके हैं एक्टिव केस के मामले में भी रांची राज्य के पहले नम्बर पर है वहीं दूसरी तरफ मरीजों के स्वस्थ होने की संख्या में इजाफा हो रहा है झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल जारी किये गये हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक राज्य में अब तक तीन हजार अडतालीस मरीज स्वस्थ हो चुके हैं

जबकि तीन हजार छह सौ छब्बीस मरीजों का इलाज चल रहा है सुबे में अब तक दो लाख छत्तीस हजार सात सौ इक्कतीस सैंपल की जांच की जा चुकी है जिसके बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या छह हजार सात सौ इकसठ हो गयी है

पश्चिमी सिंहभूम जिले में कल कोरोना संक्रमण के पांच मामले सामने आए हैं इनमें से दो मामले सदर अस्पताल में भर्ती किए गए मरीजों में से हैं दो मरीज चाईबासा के ट्ंगरी मोहल्ले से हैं जबकि एक मरीज रुंगटा कॉलोनी चालियामा का है इधर अच्छी खबर यह है कि पिछले दो दिनों के भीतर इलाजरत तीस मरीजों को उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से छट्टी भी दे दी गई है वहीं कोडरमा जिले में कल रात एक साथ छियालीस कोरोना पॉजिटिव मामले मिले है संक्रमित होने वाले ज्यादातर जिले के विभिन्न थानों में पदस्थापित पुलिस के जवान और सरकारी विभागों के कर्मचारी हैं

इधर उपायक्त रमेश घोलप अपर समाहर्ता और जिला परिवहन पदाधिकारी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है वहीं दूसरी तरफ साहिबगंज जिले में ट्रनेट का किट समाप्त होने के कारण दो दिनों से तक कोरोना सैंपल की जांच का कार्य प्रभावित हुआ है

रांची जिले का तमाड़ इलाका अब तक कोरोना संक्रमण से अछूता था लेकिन अब इस इलाके में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है तमाड़ के हनुमान मंदिर के समीप खंडित टोला में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है प्रशासन को इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों ने देर शाम महिला को इलाज के लिए रिम्स कोविड वार्ड भेज दिया रांची में कल कोरोना के एक सौ अंठानबे संक्रमित मिले थे संक्रमण के खतरे को देखते हुए ईडी आयकर सेंट्रल एक्साइज व सिविल कोर्ट को सील किया गया ईडी ऑफिस के एक अधिकारी संक्रमित मिले थे वहीं सिविल कोर्ट का एक पेशकार संक्रमित मिला था इस वजह से सिविल कोर्ट दो दिन के लिए बन्द किया गया है वहीं विधानसभा सचिवालय भी सताईस जुलाई तक सील रहेगी

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर कहा कि झारखंड सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण पर अंकृश लगाने के उद्देश्य से कैबिनेट की बैठक में लाए गए झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश के कुछ बिन्दुओं पर लिया गया निर्णय न्यायोचित नहीं है वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी मास्क नहीं लगाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने संबंधी अध्यादेश को गरीब विरोधी व जन विरोधी बताया है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

सील बंद अवधि के दौरान आवश्यक शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को सभा सचिवालय को सैनिटाइज करने का निर्देश दिया गया है सचिवालय के उप सचिव नवीन कुमार ने यह आदेश जारी किया है उन्होंने बताया कि सचिवालय समितियों की बैठकों पर भी इकतीस जुलाई तक रोक लगाई गई है रिम्स में अठाईस जुलाई से कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज प्लाज्मा थेरेपी से होगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने इस संबंध में रिम्स निदेशक को पत्र लिखा है पत्र में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका शुभारंभ करेंगे

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनआईटी की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए बारहवीं की परीक्षा में पचहतर प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है ये फैसला कोरोना संक्रमण के मद्देनजर किया गया है इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल टवीट किया था जैक बोर्ड की मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए स्क्रूटनी की तिथि घोषित कर दी गई है मैट्रिक के परीक्षार्थी उन्तीस जुलाई से अठाईस अगस्त तक आर्वेदन कर सकते हैं वहीं इंटर के परीक्षार्थी एक अगस्त से इकतीस अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे इस साल स्क्रूटनी की प्रक्रिया ऑनलाईन होगी परीक्षार्थी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जे ए सी डॉट झारखंड डॉट गॉभ डॉट इन के माध्यम से आवेदन जमा कर सकते हैं गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल में बिजली की समस्या खत्म करने के लिए सरकार ने कई नये सबस्टेशन बनाने का फैसला किया है सबस्टेशन निर्माण के लिए भूमि चयन का काम शुरू हो गया है

इस बीच राष्ट्रीय दृष्टिबाधित महासंघ के महासचिव एस के रुंगटा ने बताया कि सरकार के इस फैसले से देश में दो से तीन करोड दिव्यांगजनों को लाभ मिलेगा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय ट्रांजिट पास प्रणाली की शुरूआत की

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार राज्य में खेल को बढ़ावा देगी खेल नीति भी तैयार की जा रही है जिससे वर्तमान खिलाड़ी आने वाले खिलाड़ी और पूर्व खिलाड़ी लाभान्वित होंगे झारखण्ड में होनहार खिलाड़ियों की कमी नहीं है राज्य के खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों में देश और राज्य का नाम रोशन किया है

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में स्नातक के बाईस ट्रेडिशनल और सात प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है विद्यार्थी चान्सलर पोर्टल के माध्यम से पच्चीस जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि दस अगस्त है विश्वविद्यालय में पहली बार यूजी कॉमर्स के पढ़ाई शुरू होगी इसके लिए दो सौ सीटों पर नामांकन होगा स्नातक के ट्रेडिशनल कोर्स के लिए सामान्य और ओबीसी श्रेणी के विद्यार्थियों को तीन सौ रूपए देने होंगे तथा एससी और एसटी के विद्यार्थियों को ढाई सौ रूपए लगेंगे वोकेशनल कोर्स के लिए सभी श्रेणी के विद्यार्थियों को फॉर्म के लिए छह सौ रूपए देने होंगे रक्षा मंत्रालय ने भारतीय थलसेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का औपचारिक मंजुरी पत्र जारी कर दिया है

वहीं दैनिक जागरण में जांच के पूर्व एडिश्नल कलेक्टर के तबादले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है सैंतालीस साल में पहली बार टाटा को पीछे छोड़ रिलायंस इंडस्ट्री के देश का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह बनने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर स्थान दिया है वहीं हिन्दुस्तान अखबार ने विधानसभा सचिवालय और सिविल कोर्ट तक सील किए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है